प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची दीपावली के आस पास जारी होगी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा

पारम्परिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है आज करवा चौथ

कमिटी ने बड़ी जोत वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पांच से घटाकर ढ़ाई फीसदी करने का सुझाव दिया है

कमिटी ने महिलाओं को खेती से जुड़े कार्यो में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कृषि शिकायत निवारण सेल के गठन का भी सुझाव दिया गया है

केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय के हाल ही के आदेश के अनुपालन के लिए ये कदम उठाया है उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होने से निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था दूरसंचार विभाग ने कल टेलीकॉम कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक के वाई सी के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का विस्तृत निर्देश जारी किया और पांच नवम्बर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा है

इस अवसर पर देशभर में रन फोर यूनिटी यानि एकता के लिये दौड का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में इस दिन सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेगें इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ और बैण्ड के साथ मार्चपास्ट भी आयोजित किया जायेगा

राजफैड की प्रबंध निदेशक वीना प्रधान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मूंग और उड़द के उत्पादक कई किसान गिरदावरी के अभाव तथा रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर दबाव के चलते अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये अपना ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवा पाये थे

भाजपा संगठन के प्रभारियों की बैठक में भाग लेने कल अजमेर पहचे श्री सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा और टिकिट के लिए जितने भी आवेदन आये है वे प्रदेश चुनाव समिति के सामने रखे जायेंगे

इधर कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में पूरे जोर शोर से जुटी हुई है इसी संदर्भ में आज प्रदेश के लिये बनी स्क्रीनिंग समिति की नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हो रही है

हमारे संवाददाता ने बताया कि दिव्यांगों के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष मोबाईल एप बनवाया गया है जिसका मतदान के लिए इस्तेमाल केवल मतदाता और उसके सहयोगी द्वारा ही किया जा सकेगा

जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि मैराथन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे श्री रंजन ने बताया कि मैराथन में लगभग तीन हजार प्रतिभागी भाग लेंगे

इसके तहत विशेष रूप से दिव्यांगों और अन्य मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्रों पर विभिन्न व्यवस्थायें की जायेगी प्रतापगढ़ जिले में भी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिये विशेष इंतजाम किये जा रहे है

सुहागिनों में इस त्यौहार को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है विवाहिताएं अखण्ड सुहाग की कामना को लेकर आज व्रत रख रही है